मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिये राज्य में आशिक कर्फ्यू को एक और सप्ताह के लिए बढा दिया है इससे पहले कपर्यू कल सुबह समाप्त होना था लेकिन अब यह सत्रह मई तक जारी रहेगा इस दौरान पहले की तरह ही प्रतिबंध लागू रहेंगे आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति पर किसी तरह की रोक नहीं होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी मण्डल में कोविड मरीजों के उपचार की व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में डीआरडीओ द्वारा बनाये गये कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में कोविड पर नियंत्रण के लिये हर सम्भव उपाय किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की टेस्ट ट्रैक और ट्रीट नीति के कारण प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में कोविड के सक्रिय मामलों में कमी आयी है उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में राज्य में कोविड के सक्रिय मामले सतहत्तर हजार तक कम हुए हैं श्री योगी ने कहा कि वाराणसी मण्डल में भी कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आ रही है और पिछले एक सप्ताह में यहां नौ हजार दो सौ पचासी सक्रिय मामले कम हुए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये लगातार प्रयासरत हैं उन्होंने कहा कि राज्य के अस्पतालों में संसाधन बढ़ाये गये हैं प्रदेश में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है और एक दिन पूर्व राज्य में लगभग एक हजार मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गयी है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण का कार्य भी तेज गति से चल रहा है राज्य के चार हजार पांच सौ से ज्यादा केन्द्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है प्रदेश के अट्ठारह जिलों में कल से अट्ठारह से चौवालीस वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा इस समय अधिक संक्रमण वाले सात जिलों में यह टीकाकरण अभियान चल रहा है जिन जिलों में टीकाकरण होगा वे हैं अलीगढ़ आगरा मुरादाबाद अयोध्या सहारनपुर फिरोजाबाद शाहजहांपुर झांसी गौतमबुद्वनगर गाजियाबाद मथुरा प्रयागराज लखनऊ कानपुर मेरठ बरेली वाराणसी और गोरखपुर टीकाकरण के लिये ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है लोग कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं

प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है इस समय राज्य में कुल सक्रिय मामले दो लाख तैंतीस हजार नौ सौ इक्यासी हैं जो तीस अप्रैल को दर्ज किये गये अधिकतम मामलों से लगभग सतहत्तर हजार कम हैं राज्य में कल कोरोना संक्रमण से दो सौ छियानबे लोगों की मृत्यु हुयी है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेजी से चल रहा है कल एक दिन में दो लाख उत्तीस हजार एक सौ छियासी नमूनों की जांच की गयी इनमें से एक लाख ग्यारह हजार से अधिक जांच आरटीपीसीआर विधि से की गयीं अब तक कुल चार करोड़ उन्तीस लाख तिरपन हजार नौ सौ नमूनों की जांच की जा चुकी है

अब तक एक करोड़ सैंतीस लाख बाईस हजार एक सौ साठ टीके लगाये जा चुके हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में एक करोड़ नौ लाख सैंतीस हजार नौ सौ अट्ठाईस लोगों को कोविड का पहला टीका और सत्ताईस लाख चौरासी हजार दो सौ तेईस लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है

विंध्य और वाराणसी मंडल के संयुक्त आयुक्त उद्योग उमेश सिंह ने बताया कि पूर्वांचल में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार जारी है